प्रदेश में कोरोना संक्रमण का नया मामला आया सामने एक्टिव मरीजों की संख्या हुई तीन

सीएम आग्रह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए उन क्षेत्रों में सेना कैंटीन एक्सटैंशन काउंटर खोलें जहां अभी तक कैंटीन की व्यवस्था नहीं है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल में बड़ी संख्या में सेवारत्त और सेवानिवृत्त सैनिक हैं जो लम्बे समय से राज्य में सेना केंटीन या एक्सटैंशन काउंटर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सैनिकों व पूर्व सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पातीं और उन्हें कैंटीन सुविधा का लाभ उठाने के लिए लम्बा सफर तय करना पड़ता है

आज ज़िला कांगड़ा के जमानाबाद क्षेत्र से कोरोना का एक और मामला सामने आया है हमारे ज़िला संवाददाता संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमित ये व्यक्ति हाल ही में चार अन्य लोगों के साथ दिल्ली से लौटा था जिसे कांगड़ा के समीप छेब क्वारंटीन सैंटर में रखा गया था मरीज़ को आईसोलेशन सैंटर बैजनाथ में शिफ्ट किया गया है

ज़िला सोलन में अपने जनधन खातों में सामाजिक सुरक्षा पैंशन पाने वाले बेहद खुश हैं और उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है

परमार ने बताया कि जल्द ही एक मोबाईल ऐप लाँच किया जाएगा जिसमें सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और मांगों सहित अन्य कार्यों की जानकारी मिल सकेगी ई कार्ट ऐप ज़िला हमीरपुर में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों द्वारा उगाई गई ताज़ा सब्ज़ियां अब लोगों के घरद्वार पर उपलब्ध हो सकेंगी उपायुक्त हरीकेश मीणा ने आज कृषि विभाग के सहयोग से हिम ई कार्ट मोबाइल ऐप सुविधा का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से किसान व उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित होंगे उन्होंने कहा कि ऐप में उपभोक्ताओं के साथ साथ अब अधिकृत विक्रेताओं और उत्पादकों को भी जोड़ा जा रहा है छात्र संघ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पालमपुर के छात्र संघ ने स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर की सीटें कम करने पर सवालिया निशान लगाए हैं

छात्र संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से इस मामले में उचित कदम उठाने की अपील की है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में ये घोषणा की

मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थियों सहित आम लोगों को वापिस लाने में निगम के चालकों व परिचालकों के योगदान की सराहना भी की

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बीते सवा महीने से प्रदेशभर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं

वीरभद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की पूरी तरह स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में टैस्टिंग किट्स सुरक्षा उपकरण और वेंटीलेटर की व्यवस्था की जानी चाहिए उन्होंने इस महामारी से प्रदेश में दो लोगों की मृत्यु पर भी दुःख जताया है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों पर प्रवासी मजदूरों व कामगारों को रेल टिकट का खर्च देने के लिए आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया है उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य लॉकडाउन के चलते विभिन्न स्थानों पर फंसे मजदूरों की पहचान कर उन्हे रेल टिकट के खर्च की पूरी आदायगी करेगी इस बीच राठौर ने प्रदेश में पैट्रोल व डीजल की एक्साईज ड्यूटी बढ़ाने पर एतराज जताया है आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने प्रदेश में कोरोना के नए मामले आने पर चिंता जताते हुए कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से हज़ारों लोग अपने घर आना चाह रहे हैं लेकिन उनकी उचित स्वास्थ्य जांच नहीं हो रही उन्होंने कहा कि सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए गम्भीरता से कदम उठाने होंगे

इसी के मद्देनज़र राज्य सरकार ने आयुर्वेद विभाग के माध्यम से मध्यष्टियादि कषाय को लाँच किया है हमारे मंडी ज़िला संवाददाता मुनीष सूद ने बताया कि जोगिन्द्रनगर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में ये काढ़ा तैयार किया जा रहा है

कई जड़ी बूटियों से तैयार होने वाला ये काढ़ा इम्यून बूस्टर के रूप में काम करता है मांग पत्र कांग्रेस के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें कोरोना महामारी से उत्पन्न किसानों बागवानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा रोहित ठाकुर ने पैकेजिंग सामग्री विपणन मजदूर और ऋण माफी जैसे विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन मार्च माह से ठप्प पड़ा है ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ बद्दी और कालाअंब में कार्टन व ट्रे इकाईयों में इसका उत्पादन युद्धस्तर पर शुरू करें उन्होंने कहा कि बागवानों को परेशानी से बचाने के लिए एचपीएमसी और हिमफैड के माध्यम से पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति और निजी विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए